दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है इस दौरान दोनों ही दलों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र व प्रदेश स्तर पर एक मुदाविहीन व नेतृत्वविहीन पार्टी बन कर रह गई है और पार्टी के शीर्ष नेता आधारहीन व बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं शिमला से जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास न तो कोई दृष्टिकोण है और न ही राष्ट्र के विकास के लिए कोई परिकल्पना जबकि भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व है उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यव्स्था बनकर उभरी है

कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के समर्थन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज चंबा जिला के सिहुंता चुवाड़ी और बगढार में चुनाव प्रचार किया उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है वीरभद्र सिंह ने कहा कि समाज को जाति व धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है इस मौके पार्टी प्रत्याशी पवन काजल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी और चम्बा की अनदेखी के आरोपों को दूर किया जाएगा

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार के डेढ साल के कार्यकाल में राज्य के विकास पर विराम लग गया है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने कहा है कि इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है और ऐसे में कई बार नेता इस तरह के ब्यान दे देते हैं जिनके कारण राजनीतिक लाभ होने की अपेक्षा लोकतंत्र की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है एक प्रेस ब्यान में धूमल ने कहा कि इस तरह के ब्यान जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और ये मर्यादा से भी परे होते हैं धूमल ने कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं को एक दूसरे को समझाने की अपेक्षा स्वयं आत्म संयम बरतना होगा ताकि विकास व राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे चुनाव प्रचार से ओझल न हो सके चुनाव सरगर्मियां प्रदेश कांग्रेस जनजातीय विभाग के उपाध्यक्ष बेनी प्रसाद ने सांसद शांता कुमार पर चंबा कांगड़ा की जनता के साथ अन्याय का आरोप लगाया है चम्बा में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि शांता कुमार लगातार तीन बार सांसद रहने के बावजूद भी इस संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करवा सके उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार पवन काजल भारी मतों से जीतेंगे और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे

उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं से मतदान करने का आह्वान किया है श्याम सरण नेगी ने कहा कि हर एक वोट से देश का विकास होता है सोशल मीडिया दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन कार्यालय ऊना ने एक अनूठी पहल के तहत चुनावी धुन पर एक रैप सॉन्ग तैयार किया है

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इस रैप गीत का उद्देश्य मतदान के लिए प्रेरित करने के साथ साथ अपने मत का इस्तेमाल बिना किसी भय व प्रलोभन के करना है चुनाव जागरूकता लोकसभा चुनाव को लेकर लाहौल स्पिति जिले के विभिन्न स्थानों पर आज लोगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को लेकर जागरूक किया गया

अमर नेगी ने संबंधित क्षेत्र के लोगों से इन कार्यक्रमों में आकर ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की जानकारी हासिल करने का आह्वान किया